कहा छात्राएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में निभायेंगी महत्वपूर्ण भूमिका

महात्मा गांधी ने एक प्रार्थना सभा के बाद अपने संबोधन में ग्रामीण विकास के बारे में चर्चा की थी उच्चतम न्यायालय ने सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा स्थगित करने से इनकार कर दिया है

आयोग ने भी याचिका का विरोध करते हुए कहा है कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक एहतियात और पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं न्यायमूर्ति एएमखानविल्कर न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति कृष्णा मुरारी ने केन्द्र से ऐसे उम्मीदवारों को एक और मौका देने को कहा है जो महामारी के कारण पिछली बार परीक्षा नहीं दे पाए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रेझा फाउंडेशन द्वारा संचालित चान्हो नर्सिंग कौशल कॉलेज की छात्राओं के बीच आज प्रोजेक्ट भवन में नियुक्ति पत्र का वितरण किया इस दौरान एक सौ ग्यारह छात्राओं को नियुक्ति पत्र सौंपा गया इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्राएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेंगी श्री सोरेन ने कहा कि प्रेझा फाउंडेशन छात्राओं को शिक्षा के साथ रोजगार देने का भी काम कर रहा है उन्होंने कहा कि रांची के चान्हों के अलावा चाईबासा सरायकेला और साहेबगंज में भी छात्राओं को नर्सिंग प्रशिक्षण दिया जा रहा है उन्होंने प्रेझा फाउंडेशन की सराहना करते हुए कहा कि फाउंडेशन द्वारा कोरोना संकमण काल के दौरान विश्व स्तरीय लैबोरेटरी स्थापना की गयी केन्द्र सरकार किसानों को बार बार आश्वस्त कर रही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि उपज तथा मवेशी बाजार समितियां जारी रहेंगी और किसी भी कीमत पर इन्हें नहीं हटाया जाएगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि कृषि सुधार विधेयकों का विरोध कर रहे लोग नहीं चाहते कि किसानों को खुले बाजार में अपनी उपज बेचने की आजादी मिले उन्होंने कहा है कि किसानों को डर है कि अगर मेंडी व्यवस्था समाप्त हो गई तो न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बंद हो जाएगा श्री मोदी ने कहा कि केन्द्र सरकार ने किसानों को आश्वासन दिया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रशासनिक निर्णय है जो अब भी मौजूद है और भविष्य में भी रहेगा धनबाद में पादुगोडा पंचायत सचिवालय में आज झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ दिलाने को लेकर ग्रामीणों से आवेदन लिया गया जिले के उपायुक्त उमा शंकर सिंह ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी सभी अंचल अधिकारी एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को अपने अपने प्रखंड क्षेत्रों में निर्धारित समय सीमा के अंदर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करने को कहा था रामगढ़ जिले के के सुदूरवर्ती गांवों में आज पोषण जागरूकता माह कार्यक्रम संपन्न हो गया इस दौरान पोषण के प्रति जागरूकता को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किये गये क्षेत्र के मुखिया सेविका और किशोरियों ने कहा कि पोषण जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत होने से कुपोषित बच्चों का प्रतिशत घटा है उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने वर्ष दो हजार इक्कीस में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा साठ फीसदी सिलेबस पर लेने पर अपनी सहमति दे दी है सिलेबस कटौती को लेकर जेसीईआरटी के निदेशक की अध्यक्षता में बनी तेरह सदस्यीय कमेटी ने कक्षा नौ से बारहवीं तक के सिलेबस में कटौती का ड्राफ्ट तैयार किया है इसमें जनजातीय क्षेत्रीय भाषाओं के पाठ्यक्रम में कटौती का प्रस्ताव नहीं किया गया है इसके साथ ही सिलेबस से उन चैप्टर्स के नहीं हटाया जायेगा जो झारखंड से जुड़े हुए हें रामगढ़ जिले की पुलिस ने जिले में बढ़ते साइबर क्राइम को कम करने के लिए अपने पैसे कैसे सुरक्षित रखें नामक अभियान की आज शुरूआत की यह अभियान एक माह तक चलेगा इस मौके पर पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार के साथ भारतीय स्टेट बैंक रामगढ़ के मुख्य शाखा प्रबंधक राहुल कुमार और पुलिस जवानों ने लोगों को साइबर क्राइम से बचने के प्रति जागरूक किया

मंगलवार रात जारी रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में अबतक बयासी हजार पांच सौ चालीस लोग संक्रमित हो चुके हैं जबकि लगभग सत्तर हजार लोग उपचार के बाद संकमण मुक्त हो चुके हैं अब केवल ग्यारह हजार नौ सौ बैयालीस मामले सक्रिय रह गए हैं राज्य में स्वस्थ होने की दर लगभग पचासी प्रतिशत हो गयी है इधर देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर आज तिरासी दशमलव तीन तीन प्रतिशत तक पहुंच गई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

स्वास्थ्य सचिव डॉ नितिन कुलकर्णी ने राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों सिविल सर्जनों को इस संबंध में निर्देश जारी किया है इस संबंध में राज्य एड्स नियंत्रण समिति के परियोजना निदेशक राजीव रंजन ने कल बताया कि रक्तदान पखवाड़ा के दौरान पचास हजार यूनिट रक्त संग्रह करने का लक्ष्य रखा गया है उन्होंने बताया कि झारखंड को रक्त संग्रह में देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए समिति ने अगले बारह सप्ताह का कैंलेंडर जारी किया है गिरिडीह जिले में जिला प्रशासन ने नक्सल प्रभावित एक सौ बहत्तर गांवों में मोबाइल टॉवर लगाने के लिए प्रयास शुरू कर दिया है

खूंटी वन प्रमंडल क्षेत्र के दशम फॉल इलाके में बीती रात एसडीओ ने अवैध बालू से लदे एक दर्जन ट्रैक्टर जब्त किया जबकि तीन ट्रैक्टर मौके से भाग निकले ट्रैक्टर में मौजूद सभी अठाइस लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है गोड्डा के नगर थाना के रौतारा कझिया नदी पुल के पास सैलुन में घुसकर अपराधियों ने युवक निरंजन ठाक्र की गोली मारकर हत्या कर दी जबकि सैलून में मौजूद दूसरे व्यक्ति को गंभीर अवस्था में गोड्डा सदर अस्पताल ले जाया गया मृतक गोड्ड के लालपुर गांव का था जो कझिया नदी पुल के पास नाई की दुकान चला रहा था घटना के बाद अपराधियों ने बम भी फेंका घटना के बाद जिले के पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन की

भरनो सिसई और गुमला में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया इस मौके पर नवनियुक्त एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव ने कहा कि देश में अनुसूचित जनजातियों का योगदान महत्वपूर्ण है